केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश के गौरवशाली इतिहास को संदर्भग्रन्थ बनाकर इसके पुनलखन की ज़रूरत पर बल दिया है श्री शाह ने इतिहासकारों और विद्वानों का आहवान किया है कि भारतीय संदर्भ में इतिहास को पुनः लिखा जाए ताकि नई पीढ़ी देश के महान नायकों से पूरी तरह परिचित हा सके

उन्होंने कहा कि चन्द्र गूप्त विक्रमादित्य को प्रसिद्धि मिलने के बावजूद लगता है कि उनके साथ इतिहास में बहुत अन्याय हुआ वहीं सम्राट स्कन्द गुप्त ने भारत की संस्कृति भाषा कला साहित्य और शासन प्रणाली को सदैव बचाने का प्रयास किया

हर एक शिक्षा के क्षेत्र में शासन के क्षेत्र में नगर रचना के क्षेत्र में सैन्य रचना के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में कला के क्षेत्र में संगीत के क्षेत्र में भीष्मधर्मज्य मतलब वैदिकीय व्यवस्थाओं के अंदर उस समय सारी व्यवस्थाओं के अन्दर भारत समग्र विश्व के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका था और उसी वक्त स्कन्द गुप्त का जन्म भी हुआ और वक्त एक महाविनाशक आक्रमण भारत पर होना शुरू हुआ और उससे बचाने का काम स्कन्द गुप्त ने किया चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य को इतिहास में बहुत प्रसिद्धि मिली है मगर इतिहास ने स्कन्द गुप्त के साथ बहुत सारा अन्याय करने का काम किया है शायद इतिहास में स्कन्द गुप्त के पराक्रम की जितना भी प्रशंसा होनी चाहिए थी उतनी प्रशंसा नहीं की श्री शाह ने गुप्त और मौर्य वंश के पराक्रम और शासन कला का जिक्र करते हुये कहा कि इन दोनों वंशों ने भारतीय संस्कृति को विश्व में सर्वोच्च स्थान दिलाया ह

समग्र देश के अन्दर हूणों का विनाश करना हूणों का संहार करना और हणों को हूणों से देश को मुक्त कराने का परामक्रम स्कन्द गुप्त ने किया और उनकों भी इतिहास का हिस्सा बना देने वाले उखाड़ देने वाले हूणों को पहली बार विश्व के अन्दर पराजय का स्वाद चखने का किसी ने सौभाग्य दिया तो परमवीर सम्राट स्कन्द गुप्त ने दिया और उनके ही वीरता के कारण समग्र देश के अन्दर से हूण निकलते गये संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय मंत्री डॉ महेन्द्र नाथ पाण्डेय समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे दो दिवसीय इस सेमिनार के दौरान सात सत्रों में जापान मंगोलिया वियतनाम अमेरिका और नेपाल सहित कई देशों के इतिहासकार स्कन्द गुप्त विक्रमादित्य काल के राजनैतिक परिदृश्य पर प्रकाश डालेंगे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि निवेशकों के लिए भारत से बेहतर और कोई देश नहीं हो सकता उन्होंने कल वॉशिंगटन में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में ऐसा लोकतांत्रिक माहौल है जो पूंजीपतियों का सम्मान करता है वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर में तेजो से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उसके पास श्रेष्ठ कौशल उपलब्ध है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भरोसा दिलाया कि सरकार लगातार सुधारों की दिशा में काम कर रही है श्रीमती सीतारमन ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों के साथ साप्ताहिक चर्चा कर रही है और निवेशकों तथा निगमित क्षेत्र के साथ किसी भी प्रकार का अविश्वास का माहौल नहीं है वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार दबाव वाले क्षेत्रों की समस्याओं से निपटने के उपाय कर रही है उन्होंने कहा कि उपभोग को बढ़ावा देने के लिए वित्त् मंत्रालय ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा है कि वे छोटे से छोटे शहरों और गांवों के लोगों को कर्ज मुहैया कराने का प्रयास करें

गृह मंत्रालय में अपर सचिव गोविंद मोहन ने मीडिया से बातचीत करते हुये यह जानकारी दी

श्री मोहन ने बताया कि दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति हुई है कि श्रद्वालुओं के लिए पासपोर्ट पहचान दस्तावेज के रूप में जरूरी होगा और दरबार साहिब का दर्शन करने वाले यात्रियों के लिये वीजा की कोई जरूरत नहीं होगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले महीने की आठ तारीख को करतारपूर गलियारे का उद्घाटन करेंगे

दुर्घटना श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस के अन्य वाहन से टकराने से हुई

प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है मृतकों में एशियाई और अरब मूल के नागरिक शामिल हैं

विभिन्न राजनैतिक दलों के दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के पक्ष में चूनाव प्रचार कर रहे हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट भाजपा नेता और फिल्मह अभिनेत्री जयाप्रदा आज रामपुर में भाजपा प्रत्यागशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही है

छत्ती सगढ के मुख्यामंत्री भूपेश बघेल की भी कांग्रेस के प्रत्याकशियों के हक में बाराबंकी प्रतापगढ़ और चित्रकूट में चुनावी रैलियां प्रस्ताीवित है प्रदेश के मुख्यामंत्री और वरिष्ठग भाजपा नेता योगी आदित्यूनाथ ने दो दिनों तक लगातार कई सीटों पर चुनाव प्रचार किया और कल वह फिर से पार्टी प्रत्यानशियों के पक्ष में रैलियां करेंगे

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश भर में करवा चौथ का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर महिलायें पति की लंबी उम्र की मंगल कामना के लिये निर्जला व्रत रखती हैं यह व्रत चन्द्रोदय के बाद अर्घ देकर पति की दीर्घायू की कामना के साथ खोला जाता है इस मौक पर मेरठ में सुहागिनें एक दूसरे को बधाई दे रहीं हैं हमारी प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट करवा चौथ पर्व शादी के बाद ऐसा पर्व है जिसका हर लड़के लड़की को इंतजार रहता है प्यार और एहसास का पर्व करवा चौथ सभी सुहागिन महिलाओं के लिए खास और यादगार होता है करवा चौथ के पर्व पर आज सुहागिन स्त्रियां दुल्हन की तरह सजी हाथों में सजना के नाम की मेहदी लगाई कंगना बिंदिया सिंदूर के साथ अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखा सुहागिन महिलायें समूह बनाकर करवा चौथ व्रत की कहानी सुन रही हैं और एक दूसरे को बधाई दे रही हैं करवा चौथ का यह व्रत चन्द्रमा को अर्घ देकर पति की लम्बी उम्र की कामना के साथ खोला जाता है इसलिये बड़ी बेसब्री से चन्द्रमा के दीदार का इन्तजार हो रहा है संगीता श्रीवास्तव आकाशवाणी समाचार मेरठ उधर इटावा जिला जेल में निरूद्व पैंतालीस महिला कैदियों ने पति की लम्बी उम्र के लिये करवा चौथ का व्रत रखा है जेल प्रशासन ने इन सभी महिला कैदियों के लिये प्रजा सामाग्री का इंतजाम भी किया है

प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नन्द गोपाल नंदी ने सभी ज़िलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों और उप निदेशकों को निर्देश दिया है कि ज़िलों में संचालित छात्रवृति योजना और पुत्री की शादी योजना में किसी भी तरह की शिथिलता न बरती जाय

उन्होंने कहा कि मदरसा पोर्टल पर ऑन लाइन पंजीकृत मदरसों में से लगभग पांच हजार मदरसे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से सत्यापित नहीं हैं

बैठक में मौजूद वक्फ राज्यमंत्री मोहसिन रज़ा ने वक़्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिये वक्फ़ नियमावली बनाने का निर्देश दिया

कुशीनगर ज़िले के बेसिक शिक्षा अधिकारी अरूण कुमार को निलंबित कर दिया गया है उन्हें शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली करने तथा नियम विरूद्ध काम करने का दोषी पाया गया है